राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अटल जी के निधन पर शोक व्यक्त किया पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर

निधन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज शाम निधन हो गया

दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आज शाम पांच बजकर पांच मिनट पर उन्होंने अंतिम सांस ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एमवैंकेया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित देश के विभिन्न नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक कृशल परिपक्व और दूरदर्शी नेता थे उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा अटल जी ने अपने जीवन का प्रत्येक पल राष्ट्र को समर्पित कर दिया था उनका निधन एक युग का अंत है भारत रत्न अटल जी के निधन पर दुःख व्यक्त करते हुए राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पॉल ने कहा कि श्री वाजपेयी के निधन से भारत के इतिहास में एक महान युग का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में देश ने अपनी नयी पहचान बनाई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री वाजपेयी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनके निधन से पूरा देश स्तब्ध है शोक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है अटल जी का उत्तराखण्ड से गहरा लगाव था उत्तराखंड के गठन में निर्णायक भूमिका निभाने वाली वाजपेयी सरकार ने नवोदित पहाड़ी राज्य को न सिर्फ विशेष राज्य का दर्जा दिया बल्कि औद्योगिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक पैकेज की सौगात भी दी थी उत्तराखंड में अलग राज्य गठन की मांग को लेकर लंबा जनांदोलन चला मगर नए राज्य का सपना अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में साकार हुआ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मसूरी की शांत और हसीन वादियों से बेहद लगाव था साल में कम से कम दो बार वे मसूरी जरूर आते और कुछ वक्त यहां शांति के बीच आत्ममंथन करते

शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने देहरादून हरिद्वार नैनीताल और ऊधमसिंह नगर में एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये हैं ये अधिकारी अपनी रिर्पोट तैयार कर उच्च न्यायालय और शासन को प्रस्तुत करेंगे देहरादून में आयोजित बैठक में सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान की समीक्षा बैठक में श्री पाण्डेय के निर्देश दिए शिक्षा व्यवस्था शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने राज्य के विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं

श्री पाण्डेय ने प्रदेश के विद्यालयों का लगातार निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये उन्होंने विद्यालय भवन निर्माण कार्यों में ई टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाने को कहा निर्देश बहुउद्देशीय पंचेश्वर बांध परियोजना से जुड़े कामों के निस्तारण में तेजी लाने के लिये अल्मोड़ा में एक नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने यह निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने पंचेश्वर बांध के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली जिलाधिकारी ने कहा कि पंचेश्वर बांध के बनने से जो परिवार प्रभावित हो रहे हैं उनका निस्तारण पांच सितंबर से पहले किया जाए उन्होंने पंचेश्वर बांध से संबंधित मामलों के लिए कुमाऊं आयुक्त की अध्यक्षता में नियमित बैठक करने को भी कहा उन्होंने सिंचाई और वन विभाग के अधिकारियो को निर्देश दिये कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना में वे अपने स्तर से संबंधित सभी कार्यो को पूरा करने में सहयोग दें

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देते हुये स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी और इससे पलायन को भी रोका जा सकेगा प्रधानमंत्री मृदा कार्ड प्रधानमंत्री मुदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों की आय दुगना करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में मददगार साबित हो रही है इस योजना से जुड़कर किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवा रहे हैं जिससे फसलों की पैदावार में भी बढ़ोतरी हुई है इस योजना के तहत किसान अपने खेतों की मिट्टी का नमूना मृदा परीक्षण केंद्र में देते हैं जहां जांच के बाद कृषि वैज्ञानिक किसानों को मिट्टी की उवर्रक क्षमता को बढ़ाने के लिए सलाह देते हैं

कृषि विभाग इन दिनों पौड़ी के द्गड्डा ब्लॉक में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांट रहा है विभाग के लोगों का कहना है कि किसान इस योजना से पहले अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाते थे

जिसे हासिल करने में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं मुलाकात मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से आज देहरादून में विधायक दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में रामनगर के पर्यटन व्यवसायियों ने मुलाकात की प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि न्यायालय के आर्देश पर कार्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के लिए पर्यटन में लगी जिप्सियों की संख्या कम की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा उन्होंने सरकारी अधिवक्ता से इस मामले में बातचीत कर इस मामले को गम्भीरतापूर्वक रखने के निर्देश दिये मौसम राज्य में पिछले दो दिनों से बारि से राहत मिली है मौसम खुला होने के चलते भूस्खलन के कारण बाधित हुए रास्तों को खोलने की कार्यवाही की जा रही है चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले सभी मार्ग आवाजाही के लिए सुचारू हैं इस बीच मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी वर्षा की दर में कमी आ सकती है